प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है उन्होंने कहा कि कुछ वर्गो की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि यह सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम में डाल कर लोगों को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध नहीं करायी होती तो स्थिति क्या होती प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरे मिली हैं जिनसे कोविड नाइन्टीन का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही में नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं मध्यप्रदेश के इंदौर महाराष्ट्र के मुंबई और पूर्ण राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता हावडा पूर्वी मेदिनीपुर उत्तरी चौबीस परगना दार्जिलिंग कलिगपोंग और जलपाईगुड़ी में रिथति काफी गंभीर है केंद्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन की स्थिति का मौके पर आकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को साँपने के लिए छह अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं ये दल दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णवंदी नियमों के अमल और पालन अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और मजदूरों तथा गरीब लोगों के राहत शिविरों की स्थिति पर ध्यान देंगे प्रदेश में उन जिलों में कुछ गतिविधियाँ शुरू हुई हैं जहां पूर्ण लॉकडाउन नहीं हैं अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने भी आज राज्य सचिवालय में कामकाज आरम किया हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह राज्य की राजधानी लखनऊ में सचिवालय के प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग की गई राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पहले से ही कम से कम स्टाफ के जरिए काम चलाया जा रहा था लेकिन आज से अफसरों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है कृछ बड़ी परियोजनाओं पर बहत सीमित दायरे में काम भी शुरू हो गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों के तहत प्रदेशों के विभिन्न स्थानों पर बने टोल नाकों से टोल टेक्स की वसूली आज से शुर कर दी गई है प्रदेश के उन्नीस जिले पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात को देखते हुए लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनन्द सिंह बिष्ट का लम्बी बीमारी के बाद आज सबेरे नई दिल्ली के एम्स अस्पताल मे निधन हो गया वह नवासी वर्ष के थे उनका अन्तिम संस्कार कल किया जाएगा श्री योगी ने लॉकडाउन के कारण अपने पिता के अन्तिम संस्कार में नही जाने का निर्णय लिया है उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन के मददेनजर कम से कम लोग ही अन्तिम संस्कार में शामिल हों श्री योगी को आज सुबह जब यह दुखद समाचार मिला तब वह लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद श्री योगी ने कहा कि उनके जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह पिता के अन्तिम दर्शन कर सकें लेकिन कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों की रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी छब्बीस अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने इस कडी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है प्रदेश में कल आकाशीय बिजली गिरने से तेरह लोगों की मृत्यु हो गई और सोलह अन्य झुलस गए देवरिया में सात गोरखपुर में तीन अम्बेडकर नगर में दो और कुशीनगर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है प्राकृतिक आपदा की इन घटनाओं में पशु हानि के भी समाचार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत हये लोगों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं बस्ती पीलीभीत और बदायूँ सहित कई जिलों में आज भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा के समाचार हैं अब से थोड़ी देर पहले गोरखपुर और उसके आस पास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ वर्षा हयी बेमौसम बारिश से गेहूँ की कटाई प्रमावित होने और फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जतायी जारही है